इस दौरान देश भर में भारतीय सशस्त्र सेनाओं और मुख्य रूप से विशेष बलों के साहस को दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे पराकम पर्व का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के प्रांगण में आयोजित होगा इस अवसर पर आज शिमला में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा सामान्य प्रशासन और सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव आरएन बत्ता ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकर करेंगे इस बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी पराकम पर्व मनाया जाएगा

इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ संदीप कदम ने आयोग को धर्मशाला समार्ट सिटी मिशन की विस्तृत जानकारी दी इससे पहले आयोग की टीम ने शक्तिपीठ माता ज्वालाजी मंदिर में माथा टेका और प्रजा अर्चना की स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधायक रमेश धवाला भी इस अवसर पर मौजूद रहे गोविंद सिंह भारी बारिश के कारण कुल्लू मनाली क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों पुलों पेयजल योजनाओं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को जल्द बहाल करने और प्रभावितों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कल मनाली में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राहत व बचाव कार्यो के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं और घाटी में फंसे अन्य लोगों को भी जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा संजय कंड प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यो की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने अध्यक्ष संजय कुंडू की अध्यक्षता में कल ऊना के निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र पडोगा हरोली रामपुर पुल और समूरकलां में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया

भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को निकालने की खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है लाहौल स्पीति में अभी फंसे हैं सैकड़ों बर्फ में रोटी का संकट

आपदा के समय इजराइल का ट्रैकिंग सिस्टम करेगा मदद पंजाब केसरी की एक अन्य खबर है इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह पर हमले से संबंधित समाचार को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है इंटक अध्यक्ष बाबा पर जानलेवा हमला पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल का लगभग एक सा शीर्षक है हरदीप बाबा पर जानलेवा हमला पीजीआई रैफर दैनिक जागरण के शब्द हैं बाबा हरदीप पर जानलेवा हमला परवाणु में तनाव देशव्यापी हड़ताल से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज हिमाचल में मेडिकल स्टोर बंद पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हिमाचल में केमिस्ट की हड़ताल हिमाचल दस्तक के अनुसार मंत्रियों को खटक रहा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल मैंबर्स के वेतन भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव केबिनेट ने लौटाया कांगड़ा के बेटे के हाथ देश की चिकित्सा परिषद का संचालन आपका फैसला की एक खबर है

विश्व पर्यटन दिवस पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पर्यटन दिवस की रौनक में हमें अपना सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक पक्ष सहजना होगा वरना होटलों की व्यवसायिक उदंडता में हमारी दृश्यवलियां उजड़ जाएंगी शीर्षक है आमद से कहीं भिन्न है पर्यटन